मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षाकर्मियों के संविलियन के फैसले का क्रियान्वयन जल्द ही किया जाएगा जगदलप्र में माओवादियों के एक अंतराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश सोशल मीडिया में सक्रिय रहकर माओवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाला एक माओवादी गिरफ्तार रायगढ़ जिले में हए सड़क हादसे में बिलासपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिलेश्वर राठिया की मौके पर ही मौत दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल प्रधानमंत्री दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसों चौदह जून को छत्तीसगढ़ के एकदिवसीय प्रवास के दौरान चार कार्यक्रमों में शामिल होंगे वे करीब तीन घंटे भिलाई में रहेंगे और आमसभा को भी संबोधित करेंगे श्री मोदी छत्तीसगढ़ में घरेलू विमान सेवा से संबंधित उड़ान योजना का श्रभारंभ करेंगे इसके अलावा वे भारत नेट परियोजना की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में केन्द्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह दस बजकर चालीस मिनट पर रायपुर पहुंचेंगे और नया रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वे सबसे पहले नया रायपुर स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण करेंगे इसके बाद श्री मोदी हैलीकॉप्टर से भिलाई के रवाना होंगे वहां वे भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण करेंगे श्री मोदी यहां बीएसपी के विस्तारीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन की आधारशिला रखने के साथ ही प्रधानमंत्री भिलाई के जयंती स्टेडियम में आमसभा को भी संबोधित करेंगे इस अवसर श्री मोदी आठ फ्लैगशिप योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे वहीं प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए जयंती स्टेडियम स्थित सभा स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद बीते पचपन सालों में संयंत्र का दौरा करने वाले श्री मोदी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे इससे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बीएसपी का दौरा किया था केन्द्रीय संचार मंत्री केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि अगले वर्ष मार्च तक ढाई लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैण्ड सम्पर्क सुविधा उपलब्ध हो जाएगी वे आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की चार वर्ष की उपलब्धियों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे श्री सिन्हा ने कहा कि भारत नेट परियोजना के तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉडबैण्ड सम्पर्क सुविधा मुहैया करा दी गई है उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार आएगा जन सेवा केन्द्र केन्द्र सरकार ने गांवों में पांच हजार वाई फाई चौपालों और जन सेवा केन्द्रों यानी कॉमन सर्विस सेन्टर के जरिए रेल टिकटों की बिक्री की शुरूआत की है

इस योजना का उद्देश्य भारतनेट के जरिए ग्रामीण इंटरनेट संपर्क का स्वरूप बदलना है वाई फाई चौपालों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के लोगों को विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी इंटरनेट सेवाएं मिल सकेंगी मुख्यमंत्री शिक्षाकर्मी संविलियन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि शिक्षाकर्मियों के संविलियन के फैसले का क्रियान्वयन जल्द ही किया जाएगा राज्य सरकार ने यह निर्णय पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर लिया है आज जशपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला एक दिन का नहीं है इसके लिए गठित समिति में मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी शामिल थे डॉक्टर सिंह ने बताया कि दूसरे प्रदेश का दौरा करने के बाद इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है इस बीच राज्य सरकार की इस घोषणा का शिक्षाकर्मी संघों ने स्वागत किया है शिक्षक पंचायत मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल और शिक्षाकर्मियों के एक दल ने शिक्षामंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया

उन्हें कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था अस्पताल ने एक वक्तव्य में कहा है कि श्री वाजपेयी पर दवाओं और इलाज का असर हो रहा है वे संक्रमण खत्म होने तक अस्पताल में रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्री वाजपेयी जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अब पहले से बेहतर है श्री जोगी को आज नई दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी श्री जोगी बीते पन्द्रह दिनों से अस्पताल में भर्ती थे

इस मामले में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है यह माओवादी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय था और पन्द्रह से भी ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है इस माओवादी पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए माओवाद विचारधारा का प्रचार प्रसार कर युवाओं को भड़काता था अभय देवदास नायक उर्फ लोड्डा नाम का यह माओवादी अपने ब्लॉग तैयार करता था इसके माध्यम से विज्ञत्ति भी जारी करता था यह माओवादी इंडिया माइक्रो फायनेंस के नाम से ब्लॉग संचालित करता था और आरोप है कि अंतराष्ट्रीय आतंकवादी संस्थाओं के बीच संमन्वय स्थापित करने का भी काम किया करता था बस्तर पुलिस ने पिछले वर्ष इस माओवादी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था और उसकी गिरफ्तारी बीते इकतीस मई को दिल्ली एयरपोर्ट की गई थी इस माओवादी प्रवक्ता का संबंध कई हार्डकोर नेताओं से भी बताया जाता है पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि इस माओवादी से अहम सुराग मिले हैं दुर्घटना रायगढ़ जिले में सड़क हादसे में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं यह सड़क हादसा जिले के छाल इलाके में बीर्ती देर रात हुआ बिलासपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दिलेश्वर राठिया अपनी गाड़ी से छाल गांव आ रहे थे इस बीच कुड़ेकेला गांव के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे मौके पर ही श्री राठिया की मौत हो गई वहीं गाड़ी में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर आज से राज्य में बाल श्रम कचरा बीनने और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस संबंध में आज सभी जिलों में बैठक आयोजित की गई अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बच्चों का सर्वेक्षण और रेस्क्यू किया जाएगा इनमें से देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी साथ ही ऐसे क्षेत्र जहाँ बाल श्रम कचरा बीनने और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की संख्या अधिक है वहां उनके परिवार के सदस्यों को स्थायी रोजगार दिलाने के लिए कौशल विकास और आजीविका केन्द्रों की स्थापना की जाएगी मौसम मानसून को पूरे प्रदेश में सक्रिय होने में अभी और एक दो दिन का समय लग सकता है फिलहाल मानसून दक्षिण बस्तर से होते हुए राजनांदगांव तक पहंच चुका है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में निचले स्तर पर नमी और आद्रता बनी हुई है इसकी वजह से बारिश हो रही है आगामी चौबीस घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है वहीं राज्य के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में चौदह जून को जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा